आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने की अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है अदालत ने कहा है कि घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई अलग अलग होगी इस मामले की अगली सुनवाई इकतीस जुलाई को होगी गौरतलब है कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में जांच एजेंसियों ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट दाखिल की है गृह मंत्रालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत कई नेताओं की सुरक्षा कवर को घटा दिया है इनके नामों को केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल सीआरपीएफ की सुरक्षा सूची से हटा दिया गया जनअधिकार पार्टी के प्रमुख पप्प् यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गयी है गृह मंत्रालय ने इन नेताओं को मिल रही सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह निर्णय किया है राजधानी पटना समेत राज्य भर में मॉनसून एकबार फिर से सक्रिय हो गया है इसके कारण आज पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर त्रिवेणी और बाल्मिकीनगर में भारी वर्षा दर्ज की गयी इसके साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की मध्यम वर्षा दर्ज की गयी है रामनगर त्रिवेणी और बाल्मिकीनगर में आठ सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी गौनाहा मढ़ौरा अमनौर रजौली और बांका में पांच पांच सेंटीमीटर गोरौल खगड़िया ठाकुरगंज में चार चार सेंटीमीटर जबकि बगहा जनदाहा महुआ बाढ़ और रोसड़ा में तीन तीन सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गयी है इधर बारिश के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वज्रपात की घटना में आठ लोगों की मौत हो गयी बांका के अलग अलग क्षेत्रों में वज्रपात की घटना में पांच लोगों की मौत हो गयी जमुई में ठनका की चपेट में आने दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गयी वहीं नालंदा जिले के दीपनगर में वज्रपात से दो व्यक्ति की मौत हो गयी भागलपुर और मुंगेर में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है

बागमती ब्रूढ़ी गंडक कमला बलान खिरोई महानंदा और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है दरभंगा में खिरोई नदी के बायें हिस्से में तटबंध एक जगह टूट जाने से बाढ़ का पानी शहरी क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया है तटबंध के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत का काम चल रहा है मधुबनी जिले में भी लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति फिर से बिगड़ने की आशंका जतायी जा रही है इधर अररिया जिले में परमान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है किशनगंज जिले में बाढ़ की स्थिति में मददेनजर सभी अधिकारियों की छुटिटयां रदद कर दी गयी हैं मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिस कारण जिले के मीनापुर सिकंदपुर छोटी कोठिया और कई शहरी क्षेत्रों पर दबाव बना हुआ है वहीं लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरा औराई और गायघाट प्रखंड में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सीतामढ़ी जिले में बागमती और लालबकेया नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ा हुआ है जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी के वीरपुर बराज से एक लाख साठ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है वहीं बाल्मिकीनगर बराज से गंडक नदी में छप्पन हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिसके चलते बागमती खिरोई अधवारा समूह और महानंदा नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है बागमती नदी डुब्बाघाट और कंझार में कमला बलान झंझारपुर में अधवारा समूह की नदियां सोनवर्षा में खिरोई नदी एकमी घाट में जबकि महानंदा नदी तैयबपुर और ढ़ेंगराघाट में खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी है दरभंगा में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि से शहर की सुरक्षा पर दवाब बढ़ गया है इसे देखते हुए दो सहायक अभियंता और चार कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गयी है

इसके साथ ही आठ सौ पैंसठ एएनएम की संविदा पर बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद जवान सिवान के रघ्नाथपुर निवासी अमरजीत कुमार सिंह के एक आश्रित को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे कर लिये हैं इतने कम समय में सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं एक रिपोर्ट बाईट सत्ता संभालने के पचास दिन के भीतर केंद्र सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और उनकी समस्याओं को कम करने के लिए कई ऐतिहासिक और साहासिक निर्णय लिए हैं किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री की एक उच्चार समिति का गठन किया है इस समिति ने अपनी पहली बैठक में कृषि क्षेत्र के उत्थान को लेकर के कई उपायों पर चर्चा की

इसके अलावा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए न्यूनतम पेंशन योजना को भी मंजूरी दी जिसके तहत साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसानों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह मिलेगा इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल करने का फैसला किया गया है इससे पहले इस योजना का लाभ केवल दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को ही मिलता था इस योजना के अंतर्गत किसानों को तीन किस्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये दिये जा रहे हैं

नवादा जिले के गोविंदपूर थाना क्षेत्र के कोयलडी गांव में भीड़ ने डायन बताकर एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी इससे पहले अभियुक्तों ने महिला का सर मुड़वाकर गांव में घुमाया पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद ने बताया कि इस मामले में तेरह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है इनमें से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है उन्होंने बताया कि शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रजौली के पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है सारण जिले के बनियापुर में भीड़ द्वारा तीन लोगों की पीट पीट कर हत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से जवाब मांगा है आयोग की ओर से कहा गया है कि अखबारों में लीचिंग को लेकर प्रकाशित खबरें विचलित करने वाली हैं आयोग ने सारण के जिलाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर इसपर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में योग का पाठ्यक्रम शुरू कराने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल फागू चौहान से इस मुददे पर विचार विमर्श किया जायेगा श्री मोदी आज विधानसभा में राजद के भोला यादव के अल्पसूचित प्रश्न पर विभाग की ओर से दिये जा रहे जवाब के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मांग उचित है और राज्य सरकार इसके लिए शीघ्र अनुशंसा करेगी प्रोफेसर विभाष चन्द्र झा को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर का नया कुलपति नियुक्त किया गया है राज्यपाल सचिवालय द्वारा आज इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गयी भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकचारी गांव में एक घर में हुए रसोई गैस सिलेंडर विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गयी तथा नौ अन्य लोग घायल हो गये

बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदीरी पंचायत के दोमहाजी टोला में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी